शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिक्षा के क्षेत्र में साक्षरता के अलावा नैतिकता के समावेश की बताई जरूरत सोलन क्षेत्रीय अस्पताल में मूलभुत सुविधाओं के अभाव में लोग परेशान साफ मौसम के बावजूद प्रदेश के कई शहरों का न्यूनतम तापमान जमाव बिन्दु से नीचे पहुंचा शीत लहर का प्रकोप जारी

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में सोलन सिरमौर शिमला मण्डी कुल्लू और बिलासपुर जिलों के विघायकों की प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये घोषणा की उन्होंने ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि के माध्यम से नाबार्ड के तहत विधायकों की प्राथमिकताओं के कार्यों के क्रियान्वयन में वृद्धि का भी ऐलान किया

बैठक में मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने गिरी गंगा को पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के अलावा जुब्बल के कृप्पड़ को स्कींग स्थल के रूप में उभारने का आग्रह किया इस दौरान सभी जिलों के विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के विकास कार्यो व समस्याओं संबंधी सुझाव दिए बैठक में शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज सिंचाई मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र उर्जा मंत्री अनिल शर्मा वनमंत्री गोबिंद सिंह ठाक्र और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश ध्वाला सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे सुरेश भारद्वाज शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिक्षा के क्षेत्र में साक्षरता और विस्तार के अलावा नैतिकता के समावेश की जरूरत बताई है वे आज शिमला के कसुम्पटी स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे सुरेश भारद्वाज ने कहा कि पूर्व छात्रों को स्कूल के विकास के लिए योगदान सुनिश्चित करना चाहिए इस भावना को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अखण्ड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती योजना आरम्भ की है

उन्होंने युवाओं से नशा निवारण के लिए व्यापक अभियान शुरू करने का आहवान किया सुरेश भारद्वाज ने प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की संख्या में वृद्धि लाने के लिए अध्यापकों से पूरा सहयोग देने को कहा वीरेन्द्र कंवर प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कारगर कदम उठा रही है और किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज हमीरपुर जिले के लम्बल आयुर्वेदिक अस्पताल और लोक निर्माण विभाग के कार्यालय का औचक निरीक्षण करने के बाद ये बात कही उन्होंने कहा कि अस्पताल में रोगियों को जरूरी दवाईयां उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश दिए गए हैं इस दौरान विभाग के माध्यम से चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का भी उन्होंने जायजा लिया वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि प्रदेश में जिला सुशासन सूची लागू की गई है ताकि ग्रामीणों को छोटे छोटे कार्यों के लिए जिला मुख्यालय तक न जाना पड़े सरवीण चौधरी राज्य सरकार ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और आयुष चिकित्सा प्रणाली लोगों तक पहुंचाने के लिए कई योजनाएं आरम्भ की हैं

बाद में सरवीण चौधरी ने राजकीय उच्च पाठशाला लदवाड़ा के वार्षिक समारोह में विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहे विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया किशन कपूर खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने प्रदेश सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल पर धर्मशाला में आयोजित की गई जन आभार रैली को ऐतिहासिक करार दिया है आज धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि रैली में प्रदेश के हर कोने से लोगों का उमड़ा जन सैलाब प्रधानमंत्री मोदी के लिए लोगों का स्नेह और राज्य सरकार की लोकप्रियता का उदाहरण है किशन कपूर ने रैली के सफल आयोजन के लिए सभी का आभार जताया

ये उड़ानें मौसम पर निर्भर करेगी पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता हितैषी राज्य पुरस्कार से नवाजा गया है ये पुरस्कार हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय उपमोक्ता दिवस समारोह के अवसर पर उप आवासीय आयुक्त विवेक महाजन ने प्राप्त किया पीएचडी चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इडण्स्ट्री भारतीय गुणवत्ता परिषद और द अवेयर कन्जयूमर मैगजीन द्वारा संयुक्त रूप से करवाए गए एक सर्वेक्षण में ये चयन हुआ है समस्या सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में मूलभुत सुविधाओं के अभाव में लोगों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है

अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक महेश गुप्ता ने कहा कि अस्पताल को सुचारू रूप से चलाने के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं व जल्द ही एक्स रे सुविधा भी शुरू कर दी जाएगी

उन्होंने कहा कि स्वां नदी व इसकी सहायक नदियों के तटीकरण का कार्य पूरा होने पर किसानों की भूमि को बाढ़ से बचाने में मदद मिलेगी सतपाल सत्ती ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर इस परियोजना को अधर में लटकाने का आरोप भी लगाया उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने निजी तौर पर बार बार केन्द्र सरकार से ये मामला उठाया जिससे ये केन्द्रीय अंशदान जारी हुआ है स्थापना दिवस कांगेस पार्टी ने आज अपना स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया इस अवसर पर शिमला स्थित पार्टी कार्यालय राजीव भवन में कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह ने ध्वज फहराया

ठाकुर सुखविंदर सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक कांग्रेस का कुर्बानियों भरा इतिहास रहा है उन्होंने कहा कि पार्टी की नीतियों व कार्यक्रमों और कांग्रेस नेताओं की दूरगामी सोच के कारण ही आज भारत विश्व में बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने देश की एकता व अखण्डता को कायम रखने की शपथ कार्यकर्ताओं को दिलाई उधर चम्बा में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष करतार ठाक्र के नेतृत्व में कांग्रेस के संस्थापकों को याद कर पुष्पांजलि अर्पित की गई पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम इन दिनों साफ बना हुआ है मगर कई शहरों का न्यूनतम तापमान जमाव बिंद से नीचे चल रहा है उंचाई वाले इलाकों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी जबरदस्त शीत लहर चल रही है जनजातीय क्षेत्रों में कड़ाके की ठण्ड के कारण प्राकृतिक स्रोत जम गए हैं

बिलासपुर कांगड़ा और पालमपुर में भी तापमान शून्य के आसपास बना हुआ है जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में तापमान शुन्य से काफी नीचे रहने से पथ परिवहन निगम की बसें चलाना मुश्किल हो रहा है

गांव में तीन स्थानों पर भू स्खलन हो रहा है गांव की विकास कमेटी के एक प्रतिनिधिमण्डल ने उपाध्यक्ष नमज्ञाल छेतन नेगी की अध्यक्षता में इस सम्बन्ध में उपायुक्त गोपाल चन्द को एक ज्ञापन सौंपा प्रतिनिधिमण्डल ने गांव की सुरक्षा को लेकर उनसे उचित कदम उठाने का आग्रह किया उपायुक्त ने इस पर गम्मीरता से विचार करने और जल्द गांव का दौरा करने का आश्वासन दिया

इस मौके उन्होंने बच्चों अध्यापकों व अभिभावकों को नशे की बढ़ती प्रवृति के खात्मे के लिए एकजुट प्रयास करने का आहवान किया